हालांकि त्यौहारों को देखते हुए इस बार लॉकडाउन के नियमों में क्छ छूट दी गई है इसके तहत कल उनतीस और तीस जुलाई को दो दिनों के लिए किराना की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक खुली रहेंगी इन दुकानों से ईद और रक्षाबंधन पर्व से संबंधित सामान बेचे जा सकेंगे लेकिन दुकानदारों और ग्राहकों को फेसमास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा इसके बाद इकतीस जुलाई से रायपुर जिले में पहले की तरह ही सुबह छह से दस बजे तक केवल सब्जी दूध फल मछली मटन और अंडों की बिक्री की जा सकेगी घरों में दूध बांटने वाले सुबह छह से साढ़े नौ बजे और शाम पांच से सात बजे तक अपना काम कर सकेंगे वहीं ठेलों में फल सब्जी बेचने वाले भी सुबह दस बजे तक कारोबार कर सकेंगे रायपुर और बिरगांव नगर निगम में स्थित सभी सरकारी और प्रायवेट बैंकों में दोपहर तीन बजे तक ही काम होगा जिला प्रशासन ने पशुओं के चारे को ध्यान में रखते हुए पेट्स और एक्वेरियम की दुकानों को सुबह नौ से साढ़े नौ और शाम को पांच से साढ़े पांच बजे तक खोलने की छूट दी है साथ ही टेलीकॉम इंटरनेट और आईटी संस्थानों में काम करने वाले लोग पहले की तरह ही काम कर सकेंगे इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान खाने की चीजों के साथ ही मिठाइयां दवा चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुएं ऑनलाइन मंगवाई जा सकेंगी लेकिन अब होटल और रेस्टॉरेंटों में टेक अवे यानी ग्राहकों द्वारा खुद जाकर पार्सल लेने की सुविधा नहीं मिलेगी पेट्रोल पम्प सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगे इसी तरह गैस सिलेंडरों की सप्लाई भी दोपहर तीन बजे तक होगी

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कल उनतीस और तीस जुलाई को सुबह छह से दस बजे तक किराना दुकाने खोली जाएंगी इन दुकानों में स्टॉल लगाकर ईद और रक्षाबंधन पर्व में उपयोग आने वाली सामग्री की बिक्री की जा सकेगी वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जुलाई महीने के राशन के वितरण के लिए पीडीएस की दुकानें भी कल और परसों सुबह छह से दस बजे तक खुली रहेंगी लॉकडाउन के दौरान प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया धान परिवहन उद्योग निर्माण कार्य कृषि उपकरण और एक्वेरियम की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक संचालित की जा सकेंगी होटल और रेस्टॉरेंट को खाद्य सामग्री तथा मिठाइयां ऑनलाइन भेजनी होगी टेक अवे की सुविधा प्रतिबंधित रहेगी छह अगस्त तक लॉकडाउन के दौरान बस ऑटो और टैक्सी सहित सभी सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद रहेंगे जबकि अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल खाद्य सामग्री मेडिकल और पोस्टल सेवा के कार्य में लगे वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे भारत सरकार के अधीन केंद्रीय कार्यालय लॉकडाउन के दायरे से बाहर रहेंगे वहीं बिलासपुर जिले के बिल्हा और बोदरी नगरीय निकाय क्षेत्रों में छह अगस्त की रात बारह बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान किराना दुकानों को शाम पांच से सात बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है इन दुकानों से ही रक्षाबंधन और बकरीद से संबंधित सामान बेचे जा सकेंगे वहीं दूध डेयरी को शाम पांच से सात बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है सभी सरकारी और प्रायवेट बैंकों में दोपहर तीन बजे तक ही काम होगा

वहीं सूरजपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन इकतीस जुलाई तक चार दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है साथ ही सीमाएं भी सील कर दी गई हैं इस बीच जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर ने नैला के वार्ड क्रमांक पांच स्थित कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को इस कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर कड़ाई से रोक लगाने और साफ सफाई रखने संबंधी जरूरी निर्देश दिए मंत्रालय विभागाध्यक्ष कार्यालय इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय को भी आगामी छह अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नवा रायपुर और रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लॉकडाउन के दौरान कामकाज नहीं होगा इससे पहले इन कार्यालयों को अट्ठाईस जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था लेकिन अब इसकी समयावधि बढ़ा दी गई है

जेल डीआईजी केके गुप्ता ने बताया कि संक्रमित कैदियों और प्रहरियों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है जैसी की खबर दी जा चुकी है पिछले दिनों इस जेल में एक विचाराधीन कैदी कोरोना संक्रमित पाया गया था इसके बाद एहतियात बरतते हुए उस संक्रमित कैदी के संपर्क में आए अन्य कैदियों और जेलकर्मियों की कोरोना जांच कराई गई थी वहीं राजधानी रायपुर में एक कांग्रेस नेता की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रायपुर स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है इस युवा कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि उनके पिता और पत्नी पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे जिनका इलाज चल रहा है एहतियात बरतते हुए उन्होंने बीते दस बारह दिनों के दौरान किसी से मुलाकात नहीं की और अपनी कोरोना जांच कराई थी दुर्ग जिले में आज शाम तक चौदह नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है इनमें बीएसएफ के तीन जवान और शहर के सिंधी कॉलोनी स्थित एक ही परिवार के दो सदस्य भी शामिल है इन मरीजों के नमूनों की जांच रैपिड एंटीजन किट से की गई है वहीं कल एक ही दिन में जिले से बीएसएफ कैम्प के दस जवान और छावनी थाना के दो आरक्षक सहित तिरपन नये मरीज मिले थे महासमुंद जिले में भी ट्रू नॉट मशीन से जांच में पांच नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें से एक युवक पिछले दिनों कोलकाता से लौटा था वहीं आज छह मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई

ये सभी मरीज होम क्वारेंटाइन थे जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर केशव ध्रव ने बताया कि इन मरीजों को कवर्धा कोविड केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है बलौदाबाजार जिले में बीती रात कोरोना संक्रमित तेरह नये मरीजों की पहचान हुई इनमें से दस मामले पलारी के हैं इस तरह अब जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर छियालीस हो गई है वहीं जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के शवों के प्रबंधन के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमित दो सौ पैंतालीस नये मरीज मिले हैं जबकि दो सौ अट्ठाईस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई इस दौरान कोरोना संक्रमण से दो मरीजों की मौत हो गई बीते चौबीस घंटों में केवल रायपुर जिले से ही अठासी नये मरीज मिले हैं जबकि बिलासपुर से पचास और दुर्ग से उनचास कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है रेड ऑरेज जोन प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग ने रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की है सूची के अनुसार रायपुर सहित प्रदेश के एक सौ छब्बीस विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है वहीं अट्ठाईस विकासखंड ऑरेज जोन में है जबकि बाकी विकासखंडों को ग्रीन जोन में रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रेड जोन के आंकड़े ये बताते हैं कि प्रदेश में कुछ चुनिंदा हॉटस्पाट से ही लगातार मरीज मिल रहे हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आठ हजार के पार हो गयी है

बीते साल उनतीस जुलाई को सुश्री उइके ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था अपनी इस एक साल की यात्रा और छत्तीसगढ़ के लोगों खासकर आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए अपने विचारों और प्राथमिकताओं को लेकर राज्यपाल ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत की इस विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल उनतीस जुलाई को सुबह साढ़े दस बजे से किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे यह भेंटवार्ता मीडियम वेव के साथ साथ एफएम पर भी सुनी जा सकेगी खरीफ फसल पानी प्रदेश में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए जलाशयों से आज से पानी छोड़ा जा रहा है जैसी की खबर दी जा चुकी है कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए आवश्यकता और जलाशयों में पानी की उपलब्धता को देखते हुए आज से ही पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था शहीद सप्ताह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ सहित तीन राज्यों के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है राज्य के सीमावर्ती जिले राजनांदगांव और कबीरधाम जिले में पुलिस द्वारा माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक स्थित बोरतालाब थाना क्षेत्र के माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने आज संयुक्त गश्त की साथ ही छुरिया और औंधी क्षेत्र में भी पुलिस ने जगह जगह तलाशी अभियान शुरू कर दिया है इससे पहले माओवादियों के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए राजनांदगांव और कबीरधाम जिले के साथ महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश पुलिस के बीच संयुक्त बैठक भी हुई थी इसमें निर्णय लिया गया था कि तीनों राज्यों की पुलिस अपने अपने सीमा क्षेत्र में लगातार गश्त कर माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखेगी इस बीच बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग गए मौके से तीन टेंट दस पिट्ठू एक कुकर बम और दवाइयों के साथ माओवादी साहित्य भी बरामद किया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि तोयनार क्षेत्र के गुमनेर के जंगलों में माओवादियों द्वारा कैम्प लगाए जाने की सूचना मिली थी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान जब मौके पर पहुंचे इसी दौरान माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई वहीं दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बनाए गए शहीद स्मारक को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों द्वारा गुमियापाल के रैप्यापारा में ग्रामीणों पर दबाव बनाकर एक स्मारक बनाया जा रहा था सूचना के बाद डीआरजी के जवानों ने कार्रवाई कर इस स्मारक को ध्वस्त कर दिया नकली नोट गांजा तस्करी महासमुंद जिले में नकली नोट खपाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है इनके पास से पांच सौ और सौ रूपये के इक्कीस लाख सत्ताईस हजार रूपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है गिरोह का सरगना बलौदाबाजार के सरसीवा में प्रिटिंग प्रेस चलाता था और हत्या के मामले में पहले भी जेल जा चुका है गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकली नोटों के साथ इसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फोटोकॉपी मशीन और कम्प्यूटर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है ये आरोपी अपने ग्राहकों को पच्चीस हजार रूपये के असली नोटों के बदले एक लाख रूपये कीमत के नकली नोट देते थे पुलिस के अनुसार नदी मोड़ और बेलसोंडा फाटक के पास कुछ लोगों द्वारा नकली नोट का सौदा करने की सूचना मिली थी इस पर साइबर सेल की टीम और सिटी कोतवाली पुलिस ने इलाके की धेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवकों के पास से नकली नोट बरामद किए गए आरोपियों ने पूछताछ में अपने अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी दी इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के बताए ठिकानों पर दबिश देकर उनके दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार किया है वहीं इसी जिले में फल से भरे मालवाहक वाहन के जरिये गांजा की तस्करी किए जाने के मामले का भी खुलासा हुआ है मौके से पांच लाख रूपये कीमत का एक क्विंटल गांजा जब्त किया गया है साथ ही गांजा तस्करी के आरोप में पंजाब के तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीन सौ तिरपन पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने अनानास के फल से भरे एक वाहन की तलाशी ली

साथ ही एक अन्य द्रोणिका बिहार से ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र तक बनी हुई है इसके असर से प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बीते चौबीस घंटों के दौरान बारिश का दौर जारी रहा और कल तक मौसम के ऐसा ही बने रहने के आसार हैं राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद बदली छाई और तेज बारिश हुई

यह ट्रेन हावड़ा से राउरकेला स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है

इस दौरान मृतका के परिजनों द्वारा संदेह जताए जाने पर पुलिस ने आरोपी पति और सास को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है